मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्ष के कार्यकाल में राज्य में ढाई लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी है उन्होंने कहा कि चालीस लाख से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जोड़ा गया है श्री योगी आज गोरखपुर में गीडा के गैलेंट इस्पात द्वारा गोद लिए गए बसिया और लुचई गांवों में विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षण के लिए नयी योजना लेकर आयी है इसमें युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ ढाई हजार रूपये मासिक भत्ता दिया जाएगा उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में प्रत्येक जिले में युवा हब बनाने का प्रावधान किया गया है इससे य्वाओं को रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ढांचागत सुविघाओं को बेहतर बनाने की दिशा र्मे तेजी से कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेस वे मेट्रो रेल हवाई अड्डों मेडिकल कॉलेजों विश्वविद्यालयों पेयजल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में है श्री योगी ने कहा कि ग्राम सभाओं को विकास कार्यो के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से जनकल्याणकारी कार्यो में योगदान देने का भी आह्वान किया उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से प्रदेश में विकास कार्यों को और गति दी जा सकती है

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने युवाओं से अनुरोध किया है कि वे बड़ी संख्या में राजनीति में आयें आज नई दिल्ली में भारतीय छात्र संसद का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति जनसेवा और आवश्यक सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है उपराष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अब बड़ी संख्या में युवा राजनीति में विशेष रूचि दिखाने के साथ साथ देश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखने लगे हैं उन्होंने कहा कि गरीबी निरक्षरता और अन्य सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है काशी महाकाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सेवा आज आम लोगों के लिए शुरू हो गई है यह आई आर सी टी सी की तीसरी निजी रेलगाड़ी है यह रेल सेवा तीन ज्योतिर्लिंग इंदौर में ऑकारेश्वर उज्जैन में महाकालेश्वर वाराणसी के काशी विश्वनाथ को आपस में जोड़ेगी पहली काशी महाकाल रेलगाड़ी वाराणसी से चलकर कल सुबह महाशिवरात्रि के दिन इंदौर पहुंचेगी रातभर चलने वाली यह आई आर सी टी सी की पहली रेलगाड़ी है आई आर सी टी सी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अश्विनी श्रीवास्तव ने हमारे संवाददाता को बताया कि आई आर सी टी सी इस रेलगाड़ी में उच्च स्तर की सुविधाओं के साथ ही ऑकारेश्वर का यात्रा पैकेज भी देगी रेलगाड़ी का एक तरफ का किराया एक हजार नौ सौ इक्यावन रूपये होगा

रेलगाडी वाराणसी से लखनऊ होकर इंदौर तक एक हजार तीन सौ इकतीस किलोमीटर और वाराणसी से प्रयागराज होकर एक हजार एक सौ दो किलोमीटर की दूरी लगभग उन्नीस घंटों में पूरी करेगी भक्ति संगीत प्रत्येक कोच में दो सुरक्षागार्ड और केवल शाकाहारी व्यंजन इस थर्ड एसी रेलगाड़ी की विशेषताओं में है यह रेलगाड़ी सप्ताह में तीन बार वाराणसी और इंदौर के बीच चलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि पर्व पर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री कल शाम लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलों और जनपदों के अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अगले माह होली के पर्व को भी शान्तिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस माह से प्रत्येक रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने स्वास्थ्य विमाग के अधिकारियों को आरोग्य मेलों में उपचार के पर्याप्त इंतजाम और दवाए उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक मार्च से शुरू होने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान को भी सफल बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुख समृद्धि की कामना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं